हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ से दिल्ली तक ट्रैफिक जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका ने संविधान को और मजबूत बनाने के लिए इसकी सही और सुजनात्मक व्याख्या की है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन सदियों से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सु षासन की बुनियाद हैं श्री मोदी ने कहा कि इसी से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक बल मिला स्वराज्य की उत्पति यहीं से हुई थी और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूती प्रदान की उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी कानून के शासन को प्राथमिकता दी थी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कानून के शासन की भावना अभिव्यक्त की गई है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन राज्यों में कारोबार को सुगम बनाने के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार किए गए हैं और इसलिए यह अतिरिक्त वित्तीय समाधान जुटाने योग्य हो गए हैं

करनाल से बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट आम जनता के हित में है इससे देश का समग्र विकास होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर लागू नहीं किया है बल्कि प्रत्येक विभाग के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है कृषि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जो बजट पेश किया गया है उससे आम जनता किसान मजदूर व्यापारी व किसानों को लाभ मिलेगा कृषि के साथ साथ औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा बजट में नए प्रावधान किए गए हैं इससे बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा और युवाओ को रोजगार मिलेगा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मुलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली पार्किंग और इसकी चारदीवारी की आधारषिला रखी

इस अवसर पर पार्षद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और सेक्टर के निवासी भी मौजूद रहे श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ से दिल्ली सराय काले खां तक जल्द ही जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी

इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के निर्देशक डॉ अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि छात्रों को परीक्षा के दौरान प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए वैंध पहचान पत्र को साथ रखने की सलाह दी गई है

ऐसे धोखेबाज कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के लिए पंजीकरण का झांसा देकर लोगों से ठगी कर सकते हैं हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने आज चण्डीगढ़ में इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए बताया कि ऑनलाइन ठगी या साइबर धोखाधड़ी करने वाले कोई भी नया तरीका अपना सकते हैं

लाला लाजपत राय पश् चिकित्सा एंव पश् विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार द्वारा पलवल में सात दिवसीय पश्पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया पश् विज्ञान केंद्र की असिस्टेंट प्रोफेसर डा रेखा ने शिर्विर में पशुपालकों को पशुओं के आवास आहार बीमॉरियों के लक्षण एवं उपचार के बारे में जानकारी दी

सरल पोर्टल पर सबसे बेहतर सेवाएं देने में जिला रेवाड़ी प्रदेषभर में प्रथम स्थान पर रहा है